केन्द्र सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने को कहा खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाने के प्रयास जारी

जनमंच किन्नौर को छोड़ कर प्रदेश के सभी जिलों में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने जन समस्याएं सुनकर इनका निपटारा किया मण्डी ज़िले के लड़भड़ोल में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने जनमंच को जनता व सरकार में नज़दीकी का कारगर साधन बताया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव गरीब की दिक्कतों को सुलझाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है शिमला जिले का जनमंच कार्यक्रम चौपाल के क्पवी में आयोजित किया गया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चम्बा ज़िले के भरमौर में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम लोकतंत्र का सुंदर उदाहरण है परमार ने कहा कि जनमंच के दौरान प्राप्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमीरपुर जिले के पटलांदर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि केन्द्र की तर्ज़ पर प्रदेश सरकार सभी को पक्का मकान पेयजल विद्युत आपूर्ति शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इस दौरान मौजूद रहे कांगड़ा जिले में शाहपुर के दरीणी में जनमंच के दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शरू किए हैं शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं कुल्लू ज़िले के निरमण्ड में जनमंच कार्यक्रम कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें जनता सीधे सीधे सरकार के साथ संवाद करती है मारकण्डा ने बताया कि जनमंच की लोकप्रियता को देखते हुए देश के अन्य राज्य भी इस तरह के कार्यक्रम अपनाने की बात कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाहौल स्पीति में पर्यटन विकास के लिए कार्य कर रही है गोविंद ठाकर ने कहा कि समदो काजा ग्राम्फू मार्ग को दुरूस्त करने का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के बोगधार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने जनसमस्याएं सुनीं

सोलन ज़िले के रामशहर में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने जन समस्याएं सुनीं उन्होंने कहा कि जनमंच की शिकायतों का अनुश्रवण सीधे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कर रहे हैं और अब ज़िलों में ये ज़िम्मेदारी उपायुक्तों को दी जा रही है ऊना के कुठारखुर्द में हुए कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि जनमंच के माध्यम से प्रशासन दूरदराज इलाकों तक पहुंचता है और जन समस्याओं का निपटारा घरद्वार पर किया जाता है उन्होंने कहा कि सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को कार्य करना चाहिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी कार्यक्रम में मौजूद रहे राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने बिलासपुर ज़िले के मल्यावर में जन समस्याएं सुनीं उन्होंने लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए

प्रकोष्ठ केन्द्र सरकार ने देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुनरभरण की निगरानी करेगा पहली जुलाई को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

कार्यशाला शिमला जिले के रोहडू में कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया इस अवसर पर पद्मश्री सुभाष पालेकर ने करीब दो सौ बागवानों को प्राकृतिक खेती विषय पर अहम जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कैमिकल मुक्त होती है और इससे किसान कम लागत में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं

शोभा यात्रा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन मे भगवान श्री जगन्नाथ की आज भव्य रथयात्रा निकाली गई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस अवसर पर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है ताकि पर्यटक शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन कर सकें

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भूमि हस्तांतरण और पंजीकरण को लिटिगेशन मुक्त बनाने के लिए व्यापक आदर्श कानून की आवश्यकता पर बल दिया खेल खेल व युवा सेवा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि साहसिक खेलों को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में भी सरकार कारगर कदम उठा रही है इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अगले वर्ष होने वाले पहले एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा मांग गैर सरकारी संस्था उमंग फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और ट्रस्टी सुरेन्द्र कुमार ने आज शिमला में पत्रकारवार्ता में उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही दिव्यांगजनों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करेगी

इधर राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में शाम के समय हुई वर्षा से तापमान में गिरावट आई है

मध्यम पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है दूसरी ओर भारी वर्षा की चेतावनी के चलते चंबा जिला प्रशासन ने लोगों को अत्यधिक वर्षा संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है उपायुक्त विवेक भाटिया ने इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके एसएफआई विद्यार्थी संगठन एसएफआई की शिमला इकाई की बैठक आज शिमला में हुई जिसमें अनेक मुददों पर चर्चा की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि एसएफआई जल्द ही बसों में ओवर लोडिंग को लेकर पेश आ रही दिक्कतों महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों सहित कई मुद्दों पर प्रदर्शन करेगी

ट्रैवल मीट मंडी ज़िले के जंजैहली में टूरिज़्म फैस्टिवल के तहत आयोजित दो दिवसीय ट्रैवल मीट आज सम्पन्न हुई थुनाग के उपमण्डल अधिकारी सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि इसमें शिमला सहित दिल्ली और भोपाल के ट्रैवल एजेंटों ने भाग लिया ट्रैवल मीट में प्रतिभागियों को क्षेत्र की लोक संस्कृति से अवगत करवाया गया